उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बास्केट बाल खिलाड़ी प्रशांत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि काशी के लोगों को चुनौतियों को अवसरों में बदलना आता है श्री मोदी ने लोगों से अपने परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने और औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा

मतगणना के दौरान मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

अधिकतकर मतगणना स्थलों पर बडी स्क्रीन के जरिए मतगणना के प्रत्येक चरण जानकारी देने की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि मतगणना स्थल पर भीड़ एकत्र न हो सके आगरमालवा में आज मतगणना के लिए शासकीय सेवकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है वहीं खंडवा में मतगणना के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को दायित्व सौंप दिये गए हैं

अशोकनगर में भी आज मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है